कहा किसानों महिलाओं युवाओं और प्रदेश के ढांचागत विकास पर है केन्द्रित मौजूदा बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया समावेशी और विकासोन्मुखी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश की परम्पराओं और संस्कृति का संरक्षण करना भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर चौथाई प्रतिशत घटाकर छ दशमलव दो पांच प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर को छह प्रतिशत किया प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस के लिये चार लाख उन्यासी हजार सात सौ एक करोड़ दस लाख रूपये का बजट पेश किया बजट प्रस्ताव में इक्कीस हजार दो सौ बारह करोड़ पनचानवें लाख रूपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं सदन में बजट पेश करते हए राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा बजट किसानों महिलाओं युवाओं और प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर केन्द्रित है बजट में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना के लिये एक हजार दो सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जबकि इस योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने के लिये एक सौ ग्यारह करोड़ रूपये की व्यवस्था की है बजट में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिये तीन सौ सत्तावन करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिये मौजूदा बजट में छह हजार दो सौ चालीस करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना क्रियान्वयन के लिये तीन हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिये तेरह हजार एक सौ पैंतीस करोड़ रूपये और उनके रख रखाव के लिये तीन हजार पांच सौ बाईस करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है गांवों और बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत आठ सौ पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है विभिन्न वर्गो के ग़रीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लिये चार हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है इसमें अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिये दो हजार सैंतीस करोड़ पिछढ़ा वर्ग के लिये एक हजार पांच सौ सोलह करोड़ रूपये सामान्य वर्ग के लिये आठ सौ पचास करोड़ रूपये और अनुसूचित जनजाति के लिये तीस करोड़ रूपये की व्यवस्था शामिल है इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रकृत्ति योजना के तहत नौ सौ बयालीस करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये चार सौ उन्सठ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है सरकार ने बजट में वृद्वावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत दो हजार पांच सौ उन्यासी करोड़ रूपये का प्रावधान किया है प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण के लिये तीन हजार एक सौ चौरानवे करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है इसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिये एक हजार एक सौ चौरानवे करोड़ रूपये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिये एक हजार करोड़ रूपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये एक हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से छत्तीस नये थानों के निर्माण पुलिसकर्मियों और पीएसी के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार के लिये सात सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है राज्य में गौवंश संवर्धन तथा ग्रामीण अंचलों में गौवंश के रख रखाव व गौशालाएं बनाने के लिये चार सौ बारह करोड़ रूपये की बजटीय व्यवस्था भी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कल वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये पेश किये गये बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी करार दिया है लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य में ढांचागत सुविधाओं को विस्तार देने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के बजट में इस बार बारह प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोत्तरी की गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बेहतर सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये सिंचाई विभाग के बजट में भी बढ़ोत्तरी की गई है ताकि यह सभी परियोजनाएं इसी साल पूरी हो सके

श्री योगी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से तीस लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि सिंचित होगी उन्होंने कहा कि कृषि के बजट में भी चौदह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है राज्य किवानसभा के नेता प्रतिफ्स राम गोविंद चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जनता को भ्रमित करने वाला चुनावी स्टंट बताया है उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों बेरोजगारों और कर्मचारियों को कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ है

उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य शिक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है श्री राठौड़ ने कल लोकसभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

साथ में टेलीविजन के सिगनल्स जो अब हैं वो डायरेक्ट दू होम ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं सेटटॉप बॉक्स के अंदर कुछ एक चैनल ऐसे भी है जिसमें आप रेडियो को सुन सकते हैं बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो के जो चैनल हैं उसको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड कराया है तो किसी के पास जो कोई फोन हो तो उसके ऊपर मोबाइल ऐप्लीकेशन डॉउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासियों की प्रोन्नति से संबंधित नियमित विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के बारे में श्री राठौड़ ने कहा कि कुछ मामलों में मुकदमेबाज़ी के कारण यह समितियां नहीं बनाई जा सकी है उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में इन अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अव्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर चौथाई प्रतिशत कम कर छः दशमलव पांचः प्रतिशत से घटाकर छः दशमलव दो पांच प्रतिशत कर दी है मुंबई में कल हई समिति की द्विमासिक छठी बैठक में रिवर्स रेपो दर छ प्रतिशत और बैंक दर छ दशमलव पांच प्रतिशत करने की भी स्वीकृति दी गई बैंक ने कहा कि जनवरी मार्च तिमाही के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर दो दशमलव चार प्रतिशत रहेगी जो पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान तीन दशमलव चार प्रतिशत थी प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं

कल परीक्षा के पहले दिन ही लगभग बीस हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी इनमें हाईस्कूल के पांच सौ छाछठ छात्र हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही आगाह कर चुके हैं किसी भी किस्म के पेपर लीक और नकल की स्थिति में बाकी अधिकारियों के साथ ही जिले के विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी भी जिम्मेदार माने जायेंगे

सुशीलचन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हुई बारिश से ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है बूंदाबादी और तेज़ हवाओं से मौसम में काफी बदलाव आया है मुजफ्फरनगर में कल शाम के समय तेज आंधी के साथ ओले पड़े

गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में कल रात से रूक रूक कर बूंदाबांदी हो रही है